प्रधानमंत्री ने कहा दोनों देश किसी भी देश के आंतरिक मामलों में बाहरी हस्तक्षेप के हैं खिलाफ भारत और रूस ने रक्षा बुनियादी ढांचा ऊर्जा और व्यापार के क्षेत्र में पन्द्रह समझौतों पर किए हस्ताक्षर

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिक्षक दिवस की पूर्व संध्या पर कल स्कूली शिक्षा में सुधार के लिये प्रेरणा ऐप का किया लोकार्पण कहा शिक्षिकाएं इस क्षेत्र में निभा सकती है महत्वपूर्ण भूमिका

शिष्टमंडल स्तर की वार्ताओं के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रुस के राष्ट्रपति व्लादिमिर पुतिन की उपस्थिति में समझौते से जुड़े दस्तावेजों का आदान प्रदान किया गया चार समझौते तेल और गैस तरल प्राकृतिक गैस और कोकिंग कोल पर और पांच समझौते व्यापार तथा निवेश से जुड़े हैं दो समझौते बुनियादी ढांचा क्षेत्र से संबंधित हैं रक्षा और श्रव्य दृश्य कार्यक्रम तैयार करने के क्षेत्र का एक एक समझौता भी हुआ बाद में संयुक्त प्रेस बयान में दोनों नेताओं ने शिखर सम्मेलन स्तर की वार्ता के परिणामों पर संतोष व्यक्त किया और कहा कि वे द्विपक्षीय संबंधों के सहयोग का नये क्षेत्रों में विस्तार करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस को विश्वसनीय भागीदार और विशेष मित्र बताया प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध न केवल परिमाणात्मक हैं बल्कि गुणात्मक भी हैं हमारी स्पेशल एंड प्रिविलेज स्ट्रैटिजिक पार्टनरशिप न सिर्फ हमारे देशों के स्ट्रैटिजिक हितों को काम आई हैं बल्कि इसे हमने लोगों के विकास और उनके सीवे फायदे से जोड़ा है राष्ट्रपति पुतिन और मैं इस रिलेशनशिप को विस्वास और भागीदारी के जरिए सहयोग की नई ऊंचाइयों तक ले गए हैं राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध अनूठा और परस्पर लाभदायक है उन्होंने कहा कि रूस अपने देश के सुदूर पूर्व क्षेत्र और साइबेरिया में आर्थिक तथा निवेश गतिविधियों में भारत की नई पहल का स्वागत करता है रूस के राष्ट्रपति ने भारत में बड़ी बुनियादी ढांचा तथा अन्य परियोजनाओं में भाग लेने की इच्छा व्यक्त की रक्षा क्षेत्र में हुआ समझौता ज्ञापन संयुक्त उद्यम के जरिए मेक इन इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत रूस में निर्मित हथियारों के लिए अतिरिक्त पूर्जों के उत्पादन के बारे में है इस बारे में प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा रक्षा जैसे स्ट्रैटिजिक एरिया में भी रूसी उपकरणों के स्पेयर पार्ट्स भारत में दोनों देशों के ज्वाइंट पेंचर्स द्वारा बनाने पर आज हआ समझौता इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देगा

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देश किसी भी देश के आंतरिक मुद्दों में बाहरी हस्तक्षेप के खिलाफ हैं भारत एक ऐसा अफगानिस्तान देखना चाहता है जो स्वतंत्र सुरक्षित अखंड शांत और लोकतांत्रिक हो हम दोनों ही किसी भी देश के आंतरिक मामलों में बाहरी दखल के खिलाफ हैं हमने भारत के फ्री ओपन और इंक्लूजिय इंडो पेसिफिक के कॉन्सेप्ट पर भी उपयोगी चर्चा की प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देश शंघाई सहयोग संगठन और ब्रिक्स जैसे संगठनों के जरिए बहु ध्र्ववीय विश्व के लिए काम कर रहे हैं बाद में मीडिया से बातचीत में विदेश सचिव विजय गोखले ने कहा कि ऊर्जा के क्षेत्र में हुए चार समझौते आपसी संबंधों में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा उन्होंने कहा कि दोनों देशों ने राष्ट्रीय मुद्राओं में भुगतान को बढ़ावा देने का फैसला किया है श्री गोखले ने बताया कि दोनों नेताओं ने रूस के सुदूर पूर्व क्षेत्र में मजदूरों की कमी को देखते हुए भारत से लोगों को वहां भेजने के बारे में भी चर्चा की विदेश सचिव ने बताया कि रूस के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को दूसरे विश्व युद्ध में यू एस एस आर की विजय के पचहत्तरवें विजय दिवस समारोह में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया है यह समारोह अगले वर्ष मई में मॉस्को में होगा प्रधानमंत्री ने अपने दौरे के दूसरे दिन आज जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आवे से मुलाकात की वे आज मलेशिया और मंगोलिया के नेताओं से भी मिलेंगे श्री मोदी पांचवें पूर्वी आर्थिक फोरम की बैठक को भी सम्बोधित करेंगे मरुस्थलीकरण की समस्या से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ में शामिल देशों का चौदहवां सम्मेलन ग्रेटर नोएडा में चल रहा है सोमवार को शुरु हुए बारह दिन के इस सम्मेलन में मुख्य रूप से भूमि की गुणवत्ता बढ़ाने और इसे पारिस्थितिकी प्रणाली के अनुकूल बनाने पर विचार विमर्श किया जा रहा है आकशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में मरुस्थलीकरण से निपटने की संयुक्त राष्ट्र संघि से संबद्व एनजीओ और सिविल सोसाइटी सम्पर्क अधिकारी मार्कोस मोन्टोरियो ने कहा कि भारत मरुस्थलीकरण और सूर्खे से निंटने तथा मिद्दी की गुणवत्ता बढ़ाने में महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है देश के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन् का जन्म दिवस आज देश भर में शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जा रहा है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उप राष्ट्रपति एमवैकेया नायडू प्रदेश की राज्यपाल आनंदीवेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी शिक्षकों को शिक्षक दिवस की बधाई दी राष्ट्रपति श्री कोविंद ने शिक्षक दिवस की पूर्व संध्या पर कल अपने संदेश में कहा कि महान विद्वान प्रखर राजनीतिविद तथा श्रेष्ठतम शिक्षकों में शुनार देश के पूर्व राष्ट्रपति डॉ सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती को शिक्षक दिवस के रूप में मनाकर हम उनके प्रति अपने श्रद्वा सुमन अर्पित करते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्कूली शिक्षा में सुधार के लिये शिक्षक दिवस की पूर्व संध्या पर कल लखनऊ में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान सरकारी स्कूलों में अध्यापकों के लिये प्रेरणा पोर्टल और ऐप का लोकार्पण किया इस ऐप के माध्यम से अध्यापकों की हाजिरी दर्ज करने और उन्हें छुट्टी देने के विवरण की व्यवस्था की गई है अब अध्यापकों की उपस्थिति सेल्फी के माध्यम से लगेगी कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि शिक्षकों पर शिक्षा का बड़ा दायित्व है उन्होंने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में पिछले दो साल के दौरान बड़ा बदलाव आया है और स्कूलों में छात्रों की संख्या में काफी बढ़ोत्तरी हुई है उन्होंने कहा कि शिक्षा में कायाकल्प अभियान को सफलता मिली है और स्कूल चलो अभियान से लक्ष्य की प्राप्ति हो रही है मुख्यमंत्री ने शिक्षकों को नियमित रूप से उपस्थित रहने का आहवान करते हुए कहा कि महिला शिक्षक शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है शिक्षा केवल पुस्तकीय और अक्षर ज्ञान तक सीमित नहीं है बल्कि छात्रों को परिपूर्ण ज्ञान देने की जरूरत है जिससे वे जीवन की चुनौतियों से जूझ सके प्राथमिक रिक्षा उच्च प्राथमिक रिक्षा जिसका किसी भी व्यक्ति के समग्र विकास में सर्वाधिक भूमिका होती है और मेरा यह मानना है कि बेसिक शिक्षा यानी प्राथमिक शिक्षा में सबसे अच्छा कोई हो सकता है तो महिलाएं ज्यादा अच्छी उसमें योगदान दे सकती है और अगली बार से यह पुरस्कार पुरूषों की तुलना में महिलाओं को ज्यादा मिले तो हमें भी बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि अगर वह स्कूल नियमित रूप से जाये तो अगर वह नियमित रूप से जायेंगी तो बहुत अच्छी रिक्षक हो सकती है बहुत अच्छा करने और समाज की इस नींव को सुदृढ़ करने में बड़ी भूमिका का निर्वहन आप जो कर सकते हैं उन्होंने अध्यापकों से विद्यालय को स्मार्ट स्कूल बनाने का आहवान किया उन्होंने कहा कि गांव का एक भी बच्चा स्कूल जाने से वंचित नहीं रहना चाहिये इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने बेसिक शिक्षा विभाग के उत्कृष्ट कार्य करने वाले उन्चास अध्यापक और अध्यापिकाओं को सम्मानित किया राज्य सरकार ने सरकारी बैठकों में प्लास्टिक थर्माकोल या इससे संबंधित सामग्री से बने किसी भी प्रकार के खान पान के बर्तन प्रयोग में न लाने के कड़े निर्देश दिये हैं प्रदेश के मुख्य सचिव राजेन्द्र कुमार तिवारी ने निर्देश दिया है कि शासन मंडल और जनपद स्तर पर आयोजित बैठकों में प्लास्टिक और थर्माकोल से बने किसी भी प्रकार के प्लेट गिलास चम्मच आदि बर्तनों का उपयोग नहीं किया जायेगा जारी बयान के अनुसार प्लास्टिक और थर्माकोल के स्थान पर स्टील और कांच के गिलास पानी पीने हेतु उपलब्ध कराये जाये उन्होंने कहा कि प्लास्टिक अपशिष्ट से पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है